कोविड महामारी के खिलाफ देश एकज्ट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें मास्क पहनें दो गज दूरी ह जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें नर्सिंग भर्ती म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नर्सिंग की भर्ती में मानकों में संशोधन के निर्देश दिए हैं उन्होंने नर्सिंग प्रशिक्षित बेरोजगार य्वाओं के ज्ञापन का संज्ञान लेकर स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिए कि आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव तथ्यार कर आगामी कबिनेट में लाया जाए

इसके लिए प्रस्ताव तष्ठार कर कबिनेट के सामने रखेंगे

क्वबिनेट निर्णय के बाद नर्सिंग प्रशिक्षित बेरोजगार इसके लिए नर्सिंग भर्ती के लिए पात्र हो जाएंगे

इस पर नर्सिंग प्रशिक्षित बेरोजगार य्वाओं ने म्ख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन देकर मानकों में ढील देने की मांग की थी कोरोना संक्रमण के बाद स्वस्थ हए म्ख्यमंत्री न काम पर लौटने के पहले ही दिन नर्सिंग भर्ती के मानकों में संशोधन के निर्देश दिये

इस संबंध में राज्य संपत्ति विभाग ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है मुख्यमंत्री का अन्मोदन प्राप्त करने के बाद सभी विभागों को आवास आवंटन के लिए जारी किए जाने वाले निर्देश का आलेख्य भी तद्यार कर दिया गया है

शेष शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है मुख्यमंत्री त्वरित समाधान सेवा कार्यक्रम में जिला स्तर पर शिविरों का आयोजन जिलाधिकारी सीडीओ के स्तर से किया जा रहा है

रुड़की हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग का काम इसी महीने पूरा होने की उम्मीद हप्त जिसके बाद लगभग एक दर्जन प्ल और फ्लाईओवर खोल दिए जाएंगे इस राष्ट्रीय राजमार्ग के बनने से ना सिर्फ स्थानीय लोगों को जाम से म्क्ति मिलेगी बल्कि देहरादून ऋषिकेश होते हुए चारों धामों के लिए आने वाले यात्रियों को भी स्विधा होगी हरिदवार के जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के कार्य की गति प्रभावित हई लेकिन महाक्भ की श्रुआत से पहले ही हाईवे संबंधित कार्य पूरे कर लिए जाएंगे

इस दौरान उन्होंने सभी विभागों की बिंद्वार समीक्षा कर ज़िले के विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए प्रेरित किया साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ जनमानस तक पहंचाने और केंद्र सरकार की हर घर नल योजना को मार्च तक प्रा करने के निर्देश दिए बठक में किसानों को दी जा रही पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ अधिक से अधिक किसानों को देने की बात कही गयी

जिले के किसानों का कहना हा कि यह बारिश फल पौधों के साथ ही सब्जियों के लिए लाभदायक साबित होगी

केंद्र सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिये हैं

उन्होंने डोबरा में द्रकानों के लिए आवंटित भ्रखंडों पर व्यवस्थित तरीके से निर्माण कार्य कराए जाने औरअव्यवस्थित तरीके से बन रही दुकानों के निर्माण कार्यों को तत्काल रुकवाने के निर्देश संबंधित उपजिलाधिकारी को दिए पर्यटन सचिव ने तिवाड़ गांव में होम स्टे के तहत चल रहे निर्माण कार्यो का निरीक्षण किया उन्होंने होम स्टे में पहाड़ी और परंपरागत भवनों के निर्माण को प्राथमिकता दिए जाने के निर्देश दिये

हाइप्रेक के वरिष्ठ वप्रानिक विजयकांत प्रोहित का कहना हा कि औषधीय पादपों से आय में वृद्धि होती हथ क्योंकि जड़ीब्रटियां महंगे दामों में बिकती हैं उन्होंने बताया कि औषधीय पादपों की खेती का सबसे बड़ा लाभ यह ह कि इसे जंगली जानवर न्कसान नहीं पहंचाते हैं और बाजार में इनकी जबरदस्त मांग है